मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने अधिकारियों को राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के लोगों ने घाटी के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने की सरकार से की मांग जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से समर्थ बनाने पर बल दिया है राज्य युवा बोर्ड की शिमला में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने युवाओं से नशाखोरी को विरूद्व आगे आने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि नोडल क्लब योजना के तहत राज्य के हर विकास खंड के लिए दो वर्षों तक एक नोडल क्लब स्वीकृत किया गया है उन्होंने कहा कि बोर्ड की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए इसके बजट को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी जयराम ठाक्र ने कहा कि युवा बोर्ड को विकास की अन्य गतिविधियों में शामिल किया जाएगा

इस मौके युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार जल्द ही युवा नीति लाएगी उन्होंने युवा बोर्ड के सदस्यों को नए विचार लाने को कहा ताकि बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते है और पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जाएगा

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स के माध्यम से नई योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है

इस बीच महेंद्र सिंह ठाक्र ने मंडी ज़िले के धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोलंगढ़ का लोकार्पण किया इस स्वास्थ्य केंद्र से चार पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे

इस दौरान उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

किशन कप्र ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सरकार मदद कर रही है ताकि उचित मार्ग दर्शन व आर्थिक तंगी के कारण उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़ें इस प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में कांगड़ा और चंबा ज़िलो के करीब साढ़े चार सौ विद्यार्थी भाग ले रहे हैं

उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे परमार ने बताया कि रैली में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लाभार्थी भाग लेंगे और उनके यातायात व ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा की अहम भूमिका है कांगड़ा जिले में धर्मशाला क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोह के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक नई योजनाएं श्रू की है सरवीण चौधरी ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आहवान भी किया मुख्य सचिव मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने अधिकारियों को राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित बनाई जा सके

उन्होंने सड़क सुरक्षा से संबंधित मामलों को लेकर हर माह बैठक आयोजित करने की बात भी कही अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर डी धीमान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे वीरेंद्र कवंर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में कटलैहड विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सन्हाल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है वीरेंद्र कवंर ने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आग्रह भी किया इससे पहले उन्होंने स्कूल में नवर्निमित अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया अनुराग लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाक्र ने आज हमीरपुर के एक निजी स्कूल में विद्यार्थियों से रूबरू होकर उनसे शिक्षा खेल और कैरियर संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय केवल पुस्तकों का ज्ञान अर्जित करना ही नहीं है बल्कि इसका उदेश्य मनुष्य के मानसिक और शारीरिक विकास भी है अनुराग ठाक्र ने कहा कि शिक्षा व खेल एक दूसरे के पूरक हैं और उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों में अवश्य भाग लेने का आग्रह किया शिविर भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो ने चंबा जिले में भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में आज एक जागरूकता शिविर लगाया इस अवसर पर स्थानीय विधायक बिक्रम सिंह जरयाल बतौर मुख्यतिथि मौजूद रहे इस दौरान लोगों को स्वच्छ भारत मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुषमान भारत योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई आउटरीच ब्यूरो कार्यालय जालंधर के उपनिदेशक प्रीतम सिंह ने बताया कि शिविर का मुख्य उदेश्य लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न काल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है हेलीकाप्टर मांग रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों ने सरकार से हैलीकाप्टर सेवा बहाल करने की मांग की है

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मेगचंद और जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रिगजिन हायरप्पा ने घाटी के लिए सरकार से जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान कराने का आग्रह किया है इस बीच प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के महासचिव जवाहर शर्मा ने भी आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर घाटी के लिए हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने का आग्रह किया त्रिलोक भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इस मौके उन्होंने प्रधानमंत्री से चंबा और कांगड़ा जिलो को जोड़ने वाली होली उतराला निर्माणाधीन सड़क को जल्द पूरा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से जहां लाखों लोग लाभान्वित होंगे वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा त्रिलोक कपूर ने प्रधानमंत्री से जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया